राज्य सरकार चिटफंड कम्पनियों के पदाधिकारियों के खिलाफ करेगी कड़ी कार्रवाई निवेशकों को पैसा भी वापस दिलाया जाएगा राज्य के सभी आयोग निगम मंडल और प्राधिकरणों में मनोनयन निरस्त सरकार ने जारी किए निर्देश उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले चौबीस घंटों के दौरान कई जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट पत्रकार सुरक्षा कानून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में पहल की है मुख्यमंत्री ने इस कानून का प्रारूप बनाने के निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री ने इस बारे में विभिन्न राज्यों में पत्रकार सुरक्षा के प्रावधानों का अध्ययन करने के साथ ही पत्रकारों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं विधि विशेषज्ञों आदि से सलाह लेकर इस कानून का एक प्रारूप जल्द ही उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि पत्रकारों की सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी चिटफंड कंपनी कार्रवाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में चिटफंड कम्पनियों में रकम जमा करने वाले निवेशकों का पैसा वापस कराया जाएगा और इन कम्पनियों के दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में यह वादा किया है मुख्यमंत्री ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान यह बात कही उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि चिटफंड कम्पनियों के अभिकर्ताओं के रूप में कार्यरत लोगों पर दर्ज मामलों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापस लिया जाएगा मुख्यमंत्री सलाहकार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए चार सलाहकारों की नियुक्ति की है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं इसके अनुसार वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार होंगे वहीं रूचिर गर्ग को मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है इसके अलावा प्रदीप शर्मा मुख्यमंत्री के योजना नीति कृषि और ग्रामीण विकास सलाहकार होंगे साथ ही राजेश तिवारी को संसदीय सलाहकार नियुक्त किया गया है इन सभी को विशेष सचिव स्तर की सुविधाएं प्राप्त होंगी आयोग मंडल निरस्त प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी आयोगों निगमों मंडलों प्राधिकरणों समितियों परिषदों और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक और सदस्यों के किए गए मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया यह आदेश संवैधानिक आयोगों और विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्थाओं पर लागू है

संबंधित प्रशासनिक विभाग के भार साधक सचिवों को संबंधित संस्था के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है वन अधिकार पत्र राज्य सरकार ने वन अधिकार पत्र के लंबित मामले जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव अजय सिंह ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में यह निर्देश दिए उन्होंने वन अधिकार पत्रों की मान्यता और सत्यापन की कार्रवाई जल्द करने तथा इसकी लगातार निगरानी रखने के लिए भी कहा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्रदेश में चार लाख से अधिक हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं इसके तहत दस लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आबंटित की गई है गौरतलब है कि वन अधिकार पत्रों के वितरण के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे स्थान पर है बैंक हड़ताल बैंक अधिकारियों की हड़ताल की वजह से प्रदेश में आज बैंको में कामकाम प्रभावित रहा अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर बैंकों के सामने प्रदर्शन किया ये अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का विरोध कर रहे हैं राजधानी रायपुर में आज बैंक तो खुले लेकिन हड़ताल की वजह से उनमें किसी भी तरह का कामकाज नहीं हुआ कल और परसों भी छुट्टी की वजह से बैंक नहीं खुलेंगे मतदाता सुची पुनरीक्षण प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम आगामी छब्बीस दिसंबर से शुरू होगा इसी दिन निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा ऐसे मतदाता जो अगले साल एक जनवरी को अट्ठारह वर्ष के हो जाएंगे वे आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सुची में जूडवा सकते हैं सभी मतदान केन्द्रों में ये आवेदन निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे साथ ही मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं नये मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन बाईस फरवरी को किया जाएगा

यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा था महात्मा गांधी रायपूर से सत्तर किलोमीटर की पदयात्रा कर कंडेल पहुंचे थे और वहां अंग्रेजी शासन द्वारा लगाए गए सिंचाई कर े के फरमान के विरुद्व जल नहर सत्याग्रह किया था इसी की याद में आज जिला प्रशासन द्वारा कंडेल में पुण्य स्मरण समारोह मनाया गया इस मौके पर सुबह पदयात्रा निकाली गई जिसमें कलेक्टर डॉक्टर सीआर प्रसन्ना पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे और वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर सुरेश ठाक्र मौजूद थे इस दौरान आयोजित एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तृत किए गए

यह अवार्ड पाने वालों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और भिलाई इस्पात संयंत्र के छह कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष दो हजार सत्रह के लिए कर्मवीर श्रम श्री अवार्ड दिया जाएगा इनमें शिव बहादुर सिंह शिलादित्य मजूमदार प्रवीण व्यवहरे हेमंत कुमार साहू राजेश सिंह और राम अवतार शामिल हैं

यह उपभोक्ता संरक्षण कानून उन्नीस सौ छियासी का स्थान लेगा विधेयक में खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है विधेयक में जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की स्थापना का प्रावधान है विधेयक के तहत जिला आयोगों को एक करोड रुपये तक के दावों संबंधी शिकायतों को निपटाने का अधिकार दिया गया है पहले यह राशि बीस लाख रुपये तक थी इस बारे में राज्य आयोगों की सीमा एक करोड रुपये से बढ़ाकर पंद्रह करोड़ रुपये कर दी गई है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस चौबीस दिसम्बर को मनाया जाएगा इस मौके पर प्रदेश में नागरिकों में उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता और उनकी कीमतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बैठक समारोह रैली आदि का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने के लिए चलित प्रयोगशालालगाने के लिए कहा गया है

कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाषाविद देव नारायण साहू ने कहा कि भाषा संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझी जानी वाली भाषा हिन्दी है हिन्दी का उपयोग सरकारी कामकाज में बहुत ही सरलता के साथ किया जा सकता है कार्यशाला में उन्होंने हिन्दी में अंकों वर्ण व्यंजन और स्वर के संबंध में उपयोगी जानकारी दी इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक सुदर्शनएस पनतोड़े ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से राजभाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया इस कार्यशाला में पीआईबी और रीजनल आऊटरीच ब्यूरो के अलावा आरओबी के अधीनस्थ कार्यरत् पूर्वी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के फील्ड आऊटरीच ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी इलाके में कई जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है इस संबंध में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है प्रदेश में बादल छंटने के बाद इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण लगभग सभी संभागों में तापमान काफी गिर गया है ज्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे है राजधानी रायपुर में भी ठंड बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान बारह डिग्री सेल्सियस के आसपास पहंच गया है प्रदेश में सबसे कम तापमान छह डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में और गिरावट आएगी कई जगह शीतलहर चल सकती है साथ ही कोहरा भी छाया रहेगा

इस दौरान जिले में सत्तर हजार से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया जाएगा दंतेवाड़ा जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र में आज सुबह जगदलपुर से भोपालपट्नम जा रही एक यात्री बस बास्तानार घाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई